मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का स्वास्थ्य निरंतर सुधार पर प्रदेश में अब ऑनलाइन होंगी स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की परीक्षाए

मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि अब देश बदल रहा है गांवों और छोटे शहरों के सामान्य परिवारों से युवा आगे आ रहे हैं और सफलता के शिखर को छू रहे हैं प्रधामनंत्री ने देशवासियों से अनुरोध किया कि इस स्वतंत्रता दिवस पर कोरोना महामारी से आजादी और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लें श्री मोदी आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार प्रकट कर रहे थे उन्होंने करगिल विजय दिवस पर सभी देशवासियों की ओर से शहीद सैनिकों को श्रद्वांजलि दी उन्होंने अपने संबोधन के दौरान वीर सैनिकों के साथ ही उन माताओं को भी नमन किया जिन्होंने मां भारती के सच्चे सपूतों को जन्म दिया प्रधानमंत्री ने देशवासियों को आगाह किया कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है इससे अधिक सतर्क रहने की जरूरत है उन्होंने लोगों को मास्क लगाने और दो गज की दूरी का पालन करने की अपील की करगिल दिवस आज करगिल विजय दिवस के मौके पर प्रदेश में भी शहीद सैनिकों को याद करते हुए श्रद्वांजलि अर्पित की गई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक ट्वीट में कहा कि करगिल विजय दिवस देश के जांबाज सप्रतों के साहस पराकम और बलिदान का प्रतिफल है आज ग्वालियर में एनसीसी ग्रप मुख्यालय ने एक वेबिनार का आयोजन किया

वेबिनार में एनसीसी केडेट्स ने देशभक्ति पर आधारित कविताएं भी सुनाई लॉकडाउन लॉकडाउन के दूसरे दिन आज राजधानी भोपाल में सड़कों पर सन्नाटा छाया रहा

लॉकडाउन की निगरानी के लिये तैनात ढाई हजार से अधिक पुलिसकर्मियों ने शहर में अनेक स्थानों पर बेरिकेट्स लगाकर बेवजह घर से निकलने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही की शहर के जिन इलाकों में संक्रमण अधिक पाया गया है वहां कड़ी निगरानी रखी जा रही है आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि शहर के अलग अलग इलाकों में लोगों की जांच कर प्रतिदिन दो हजार सेंपल लिये जाएंगे

परीक्षा परिणाम को माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट के साथ ही मोबाइल एप पर भी देखा जा सकेगा

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक ट्वीट में कहा है कि वे अब ठीक हैं श्री चौहान के संपर्क में पिछले कुछ दिनों के दौरान आए मंत्रियों विधायकों और अधिकारियों की भी जांच की जा रही है प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव की कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है इसकी पुष्टि उज्जैन के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने की शाजापुर के पूर्व विधायक अरूण भीमावत ने भी कोरोना संकमण की जांच के लिये अपना सेंपल दिया है और वे होमक्वारेंटीन हो गये हैं कटनी जिले में आज से एक सप्ताह का लॉकडाउन घोषित किया गया है

यहां कोरोना संक्रमण के कारण घोषित किये गये दो दिन के लॉकडाउन का आज पहला दिन है

घोषित किया है

रतलाम में कोरोना संक्रमितों की चिकित्सा के मामले में अनियमितता पाए जाने पर प्रशासन ने चिकित्सक को नोटिस जारी किया है जबलपुर में कोरोना संक्रमितों की संख्या एक हजार दस हो गई है

कॉलेज परीक्षाएं प्रदेश में स्नातक अंतिम वर्ष और स्नातकोत्त के चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं अब ऑनलाइन कराई जाएंगी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज एक ट्वीट के जरिए यह जानकारी दी गौरतलब है कि कोरोना संकमण के मददेनजर यह फैसला लिया गया है अभी तक इन परीक्षाओं को ऑफलाइन या सामान्य तरीके से कराने के लिये कहा गया था श्री चौहान ने कहा कि शिक्षा से ही समृद्ध और सशक्त भविष्य का निर्माण होगा इसलिये विद्यार्थी ऑनलाइन परीक्षाओं के लिये भी कड़ी मेहनत करें सांसद मुलाकात सांसद शंकर लालवानी ने सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से भेंट कर इंदौर में आकाशवाणी एवं दूरदर्शन की गतिविधियां बढ़ाने की मांग की है उन्होंने कहा कि इंदौर में आकाशवाणी और दूरदर्शन की गतिविधियों को बढ़ाकर सूचना समाचार शिक्षाप्रद और जागरूकता वाले कार्यक्रमों का विस्तार किया जा सकता है